उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों और उपायों से पूरे विश्वे को फायदा होगा

उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स कोष में उनके योगदान से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ करने में मदद मिली प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में भ्रष्टाचार से निपटने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और कई लाख करोड़ रुपये लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किए जा रहे हैं मख्यमंत्री कांगड़ा जिले में पौंग बांध क्षेत्र में बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं क्षेत्र में पशुओं को छोड़ने और खेतीबाड़ी संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाई गई है

उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए ज़िला प्रशासन और पश्पालन विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप राज्यसभा सांसद इंद् गोस्वामी और विधायक विशाल नेहरिया भी इस दौरान मौजूद रहे बर्ड फ्लू इस बीच पौंग जलाशय में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद सोलन जिले में मृत मुर्गों के भिलने का क्रम लगातार जारी है जाबली के चक्की मोड़ के बाद अब जिले की बड़ोग सुरंग के करीब दो सौ मुर्गे मृत अवस्था में फैंके गए हैं पशुपालन विभाग ने इनके सैंपल लेकर इन्हें जांच के लिए भेज दिया है विभाग के उपनिदेशक भरत भूषण गुप्ता ने ँज़िले के लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है

मतदान के दौरान कोरोना महामारी से बचाव में जारी एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी

अभियान के तहत कृषि विधेयक पत्रक बांटे जाएंगे और मण्डल स्तर पर लोगों को कृषि बिल के बारे में जानकारी दी जाएगी

लाहौल कोरोना कोरोना वैक्सीन लाँच होने से पहले ही लाहौल स्पीति ज़िला संक्रमण से मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है

जिला कोविड निगरानी अधिकारी डॉक्टर रंजीत वैद ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिक संख्या में सैंपलिंग की गई